इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया विधानसभा सभा अध्यक्ष विपिन परमार ने चंबा ज़िले की हरिपुर पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण की जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है उतनी ही अधिकारियों की भी है परमार ने कहा कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन ज़िले के ममलीग में जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की अनेक पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम प्रत्यक्ष संवाद व समस्याओं के समाधान का बेहतर मंच है बाद में पत्रकारों से बातचीत में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर जिले के झगड़ियाणी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों की शिकायतों का निपटारा किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं और इस दौरान सरकार ने जनमंच जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया

गोविंद ठाक्र ने कहा कि लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए ही जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सिरमौर ज़िले की गोरखुवाला पंचायत में जनमंच के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को ईमानदारी से पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार व जनता के बीच दूरी कम हुई है

ऊना ज़िले के किन्नू में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया

पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्वांजलि भी दी गई

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांगड़ा ज़िले के देहरा अस्पताल में बच्चों को पोलियो बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है

राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार की कारगुजारी पर असंतोष जताते हुए कहा कि इन मतपत्रों ने चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी